सरकार ने दीपावली और काली पूजा को लेकर गाइडलाइन किया जारी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

झारखंड के दो विधानसभा सीटों द्मका और बेरमो पर सत्ताधारी दल यूपीए ने जीत दर्ज की है दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बसंत सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी को छह हजार पांच सौ बारह वोटों से पराजित किया इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार को कुल अस्सी हजार एक सौ नब्बे मत मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी को तिहत्तर हजार छह सौ अठहत्तर वोट मिले उधर बेरमो सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल को चौदह हजार बयासी मतों से शिकस्त दी

बेरमो में कुल पंद्रह प्रत्याशी मैदान में थे यहां कुल एल लाख अठासी हजार तीन सौ पच्चीस वोट पड़े वहीं दुमका में कुल एक लाख चौंसठ हजार सात सौ वोट पड़े दुमका विधानसभा उपचुनाव की मतगणना दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में हुई वहीं र्बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना वेयर हाउस ऑफ बाजार समिति चास बोकारो में की गई इधर द्मका में भाजपा व झामुमो जबकि बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था राजेंद्र सिंह के निधन से बेरमो और हेमंत सोरेन के त्यागपत्र से दुमका में उपचुनाव हुआ पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन की वजह से बेरमो विधानसभा क्षेत्र खाली हो गया था इसकी वजह से वहां पर उपच्नाव हआ

उन्हें एक सीट छोड़ना था ऐसे में उन्होंने दुमका से त्यागपत्र दिया इसकी वजह से दुमका सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव हुआ बेरमो और दुमका सीट महागठबंधन के खाते में आने से झामुमो और कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है

झारेखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने बेरमो एवं दुमका उपचुनाव में महागठबंधन दोनों प्रत्याशियों की शानदार जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए श्री कुमार जयमंगल एवं बसंत सोरेन बधाई दी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे लाल किशोर नाथ शाहदेव और डा राजेश गुप्ता छोटू समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव परिणाम को आशा के अनुरूप बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा और उसे एस सी ओ देशों से समर्थन की उम्मीद है उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एस सी ओ चार्टर में उल्लिखित सिद्धान्तों के प्रति समर्पित रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के देशों से मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित बहपक्षवाद के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद रखता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड का मुकाबला कर रहा विश्व संयुक्त राष्ट् की प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन चाहता है बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है

बिहार में वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट पर भी मतगणना चल रही है

उधर महागठबंधन ने तीन सीटें जीती हैं और उसके उम्मीदवार एक सौ तीन सीटों पर आगे चल रहे हैं अन्य दलों के उम्मीदवार दस सीटों पर आगे चल रहे हैं भाजपा ने दीघा और दरभंगा सीटें जीत ली हैं हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज से जीत गए हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी को हराया

राघोपुर में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव आठ हजार पांच सौ से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या उनासी लाख को पार कर गई है जो विश्व में सर्वाधिक है

उन्होंने बताया कि पिछले सात दिनों के दौरान प्रति दस लाख आबादी पर तीन लोगों की मृत्यु हुई जबकि वैश्विक औसत सात का था

राज्य में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सोलह जिलों में पांच से कम कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं लातेहार और पाकुड़ में एक भी कोरोनो के केस सामने नहीं आए हैं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानबे प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है कल चार सौ अंठावन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अबतक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर निन्यानर्ब हजार पांच सौ बत्तीस पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार दो सौ इक्यावन रह गई है वहीं दूसरी ओर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ छियालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चार हजार छह सौ अट्टासी पहुंच गई है कोरोना से कल राज्यभर में आठ लोगों की मौत हो गई और मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ पांच पहुंच गई है

झारखंड सरकार ने दिवाली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है आज राज्य सरकार ने दिवाली और काली पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने को बैन कर दिया गया है लोगों को अपने घरों में भी शर्त के साथ पटाखा जलाना होगा इस संबंध में सरकार की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक घरों में भी लोगों को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी एनजीटी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं झारखंड प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राज्य के ज्यादातर शहरों में वायु प्रद्रषण का स्तर मध्यम श्रेणी का ही है वहीं राज्य सरकार ने काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने पर रोक लगा दी है वहीं आयोजकों को पंडाल बनाने पर इस बात का ध्यान रखना होगा श्रद्धालु पंडाल के अंदर न आ पाएं पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को रहने की अनुमति दी जाएगी उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

वहीं आदेश में कहा गया है कि पूजा के दौरान काली पूजा के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शहर में किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन अनुमति नहीं दी गई है

इससे पुलिस को अनुसंधान और लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए अलग अलग अवसर मिल जाएंगे

जिनका प्रशिक्षण प्रा नहीं हुआ है

मेदिनीनगर जिले के पांडू प्रखंड के ओबरा गांव में श्रमिकों एवं कामगारों के साथ भाजपा ने परिचर्चा आयोजित की मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री उपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने श्रम संहिता कानून में संशोधन कर ऐतिहासिक कदम उठाया है

राज्य में साइबर अपराधी प्रलिसकर्मियो को फर्जी फेसब्क एकाउंट बनाकर ठगी कर रहे है कुछ दिन पूर्व साइबर अपराधी ने कोल्हान डीआईजी का फर्जी फेसब्क आईडी बनाया था इसके बाद डीएसपी थानेदार को निशाना बनाया गया था ताजा मामला जमशेदपुर के एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन का है साइबर अपराधी ने उनके फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक एकाउंट तैयार किया है एसएसपी को मामले की जानकारी उस समय हुई जब शहर के लोगों ने उन्हें फोन कर सूचना दी

आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच अब से थोड़ी देर बाद द्वबई में डेल्ही कैपिटल्स और मुम्बई इंडियन्स के बीच खेला जायेगा

संक्षिप्त खबरें खूंटि सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कतारी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया धनबाद के बरोरा थाना अंतर्गत मुराइडीह हिरक पुल के पास दो व्यवसायियों से अज्ञात अपराधियों ने एक लाख रुपये लूट लिये बरोरा पुलिस मामले की जांच कर रही है लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज कल्याण विभाग की बैठक हई